बच्चों की मृत्यु के कारणों का पता लगाने और उपचार के लिए शीर्ष बाल रोग विशेषज्ञों सहित एक दल आज कोटा पहुंचने वाला है स्वास्थ्य मंत्रालय के इस उच्चस्तरीय दल में एम्स जोधपुर वित्त और स्वास्थ्य सेवाओं के क्षेत्रीय निदेशक और जयपुर के विशेषज्ञ शामिल हैं चिकित्सा मंत्री रघ् शर्मा और परिवहन मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास भी आज कोटा पहुंचेंगे और हालात का जायजा लेंगे इससे पहले इन दोनों मंत्रियों के कोटा आगमन को लेकर भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओ ने प्रदर्शन किया इसके बाद पुलिस ने एहतियात के तौर पर कुछ कार्यकर्ताओं को गिरफ्तार भी किया केन्द्रीय गृह मंत्री अमित शाह आज जोधपुर में नागरिकता संशोधन कानून के समर्थन में एक जनसभा को संबोधित करेंगे ये जनसभा पार्टी की ओर से चलाये जा रहे जनजागरण अभियान का हिस्सा है भाजपा प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया केन्द्रीय मंत्री गजेन्द्र सिंह शेखावत और कैलाश चौधरी नेता प्रतिपक्ष गुलाबचंद कटारिया सहित कई भाजपा नेता भी जोधपुर में मौजूद है इधर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत भी आज से जोघपुर के दो दिन के दौरे पर है जोघपुर में विभिन्न कार्यक्रमों में शामिल होने के लिए मुख्यमंत्री वहां पहुंच गए है विधि और न्यायमंत्री रविशंकर प्रसाद ने कहा है कि नागरिकता संशोधन अधिनियम किसी भी नागरिक की नागरिकता छीनने वाला नहीं है

कानून मंत्री ने कहा कि पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने युगांडा से आए हिन्दुओं और पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी ने श्रीलंका से आए तमिलों को नागरिकता प्रदान की थी उन्होंने कहा कि अगर अब प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी वही कर रहे हैं तो विपक्ष विरोध क्यों कर रहा है

चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ सीडीएस जनरल बिपिन रावत ने विभिन्न शाखाओं के प्रमुखों को निर्देश दिया है कि वे तीनों सेनाओं के बीच समयबद्ध तरीके से समन्वय और एकजुटता लाने के बारे में अपने सुझाव दें सीडीएस का कार्यभार ग्रहण करने के बाद जनरल रावत ने एकीकृत रक्षा स्टाफ मुख्यालय में महत्वपूर्ण पदाधिकारियों के साथ बैठक में यह बात कही उन्होंने यह भी निर्देश दिया कि इस वर्ष तीस जून तक वायु रक्षा कमान गठित करने का एक प्रस्ताव भी तैयार किया जाए

कांग्रेस पार्टी के प्रदेश प्रभारी अविनाश पाण्डे ने नई दिल्ली में उन्हें सदस्यता ग्रहण कराई इससे पहले इन विधायकों ने कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी से भी मुलाकात की इसके बाद पत्रकारों से बातचीत में श्री पाण्डे ने कहा कि राजस्थान सरकार निरोगी राजस्थान अभियान को लेकर प्रयासरत है उन्होंने कहा कि कोटा में बच्चों की मौत के मामले में सरकार गंभीर है और बीमार बच्चों के स्वास्थ्य में सुधार के लिए हरसंभव प्रयास किये जा रहे है